कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

इस विषय में गृह विभाग विस्तृत दिशा निर्देश एक दो दिन में जारी करेगा

श्री गहलोत ने बैठक में कोविड टीकाकरण की गति को बढ़ाने के भी निर्देश दिए प्रदेशवासियों से अपील की है कि उन्हें कोरोना के खिलाफ छिड़ी इस जंग में सरकार का सहयोग करने के लिए आगे आना चाहिए प्रदेश में कोरोना संकमण के नये मामलों में कल और बढ़ोतरी हुई

इस बीच प्रदेश में कोविड के प्रति जागरूकता लाने और कोविड दिशा निर्देशों की पालना के लिए प्रशासन सतर्कता बरत रहा है करौली जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की सीमा से लगते अन्य राज्यों के यात्रियों को प्रवेश से पहले उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट देखी जा रही है

डूंगरपुर जिले की सीमाओं पर सख्ती बढ़ाने के साथ ही कोरोना रिपोर्ट के बिना किसी को भी जिले में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने कल राजस्थान गुजरात बोर्डर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए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

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

श्री गुप्ता ने बताया कि कोविड के दिशा निर्देशों की अवहेलना ना हो इसके लिए डोर ट् डोर प्रचार अभियान के दौरान प्रत्याशी सहित पांच आदमी ही जा सकेंगे

भारतीय सेना की जाट रेजीमेंट के जवान पुष्पेंद्र सिंह का कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतुक गांव भरतपुर जिले के श्यौरावली में अंतिम संस्कार किया गया

पूर्व मंत्री और विधायक विश्वेन्द्र सिंह और अधिकारियों ने जवान को श्रद्वांजलि अर्पित की

इसका असर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर नागौर जोधप्र बीकानेर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर और चूरू जिलों में रहेगा